मुख्यमंत्री इस दौरान जनसमस्याएं भी सुनेंगे बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने इतिहास को जानें उसको अपने पाद्यक्रमों का हिस्सा बनाएं तथा आने वाली पीढ़ी को भारत के इतिहास से अवगत करवाएं बिंदल बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में ठाक्र रामसिंह राज्य स्तरीय जयंती समारोह के मौके पर आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे इस संगोष्ठी का आयोजन भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है ठाकुर रामसिंह जीवनभर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने रहे और भारत के इतिहास व संस्कृति को विश्वभर में फैलाने का काम किया रैली प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा कल सोलन में देश बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया इस मौके पर पार्टी ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने इस मौके पर आरोप लगाया कि भाजपा दोगली राजनीति में विश्वास करती है उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हैं और जनता मंहगाई से त्रस्त है फिर भी केन्द्र और प्रदेश सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को दिखाए गए सपनों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है

उन्होंने बताया कि इसके अलावा मोबाइल मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से किसानों के खेतों पर ही मृदा प्रशिक्षण किया जा रहा है

उन्होंने परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने का भी आहवान किया ताकि राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छी पीढ़ी तैयार की जा सके उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग से भी परीक्षा केन्द्र के भीतर सुचारू संचालन के लिए शिक्षकों को सहयोग देने का आहवान किया कवि सम्मेलन ज़िला भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा कल शिमला के गेयटी प्रेक्षागृह में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया

कवि सम्मेलन का शुभारंभ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुमार कोरला ने दीप प्रज्जवलित कर किया और अब एक नजर समाचार पत्रों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

लावारिस पशु मुक्त जिला बना सिरमौर हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है